भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बार के चुनाव में भी देश में मोदी की सुनामी चल रही है जबकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया

पार्टी ने चुनाव के लिए तीन थीम तैयार की हैं

प्रचार अभियान परसों मंगलवार को समाप्त हो जाएगा

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अन्यग संगठनों पर चुनाव के सभी चरणों में मतदान के दिन और एक दिन पहले बिना आयोग की अनुमति के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर पाबंदी लगा दी है आयोग ने कहा कि मतदान से ठीक पहले इस तरह के विज्ञापन समूची चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे विज्ञापनों से प्रभावित होने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं मिलेगा आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा कर सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अखबारों को निर्देश जारी करने को कहा है

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज टिहरी उत्तरकाशी और हरिद्वार संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां कर पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की

भाजपा ने जो वादा किया था वो अभी भी पूरा नहीं किया और ना ही करेगी इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भेदभाव की करने राजनीति का आरोप लगाया और चेताया कि भाजपा का शासन देश में आ गया तो आगे चुनाव नहीं हो सकेंगे सचिन पायलट ने कहा कि नरेंद्र मोदी सेना पर राजनीति कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पांच साल पहले मोदी जी ने जो वादे किए वह पूरे नहीं किए जबकि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है उन्होंने कहा कि मोदी जी ने दो करोड़ रोजगार देने महंगाई कम करने समेत कई वादे किए थे लेकिन हकीकत में वे पूरे नहीं हुए

अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो यह वादा पूरा किया जाएगा

इन ब्रथों पर पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान अधिकारी और अन्य स्टाफ की जगह महिलाओं की ही तैनाती की जाएगी साथ ही इन बूथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही हवाले रहेगी इन पोलिंग ब्रथ को सखी ब्रथ या पिंक ब्रथ का नाम दिया गया है इस ब्रथ पर सभी तरह के मतदाता वोट कर सकेंगे इसका उद्देश्य निर्वाचन से जुड़े कार्यो में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराना है सखी बूथ की तैयारियों को लेकर रुद्रपुर के विकास भवन में महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया स्लग चैत्र नवरात्र चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन राज्यभर में नव दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की मंदिरों में श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की

यहां के पूर्णागिरि बालेश्वर रिशेश्वर देवीधुरा गुरुगोरखनाथ जागोली मन्दिर सहित अन्य मंदिरों में नवरात्र के दौरान विशेष पूजा अर्चना की जाती है साथ ही मां पूर्णागिरि मंदिर में इस समय मेला भी लगा हुआ है मेले के दौरान नवरात्र पड़ने से बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं मुख्य मंदिर तक बहुत भीड़ होने की वजह से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस उपाधीक्षक नरेश चन्द ने बताया कि श्रद्दालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए सुरक्षा के जरूरी बन्दोबस्त किए गये हैं